आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह कानून कल राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गया है

यह संशोधन संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम मेघालय भिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों और इनरलाईन परमिट व्यवस्था के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा सरकार ने कहा है कि घूसपैठियों और शरणार्थियों के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है और नागरिकता संशोधन विधेयक किसी के भी खिलाफ भेदभाव नहीं बरतता और न ही किसी का अधिकार छीनता है कृषिमंत्री मुलाकात कृषि मंत्री सचिन यादव ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने प्रदेश को आवंटित यूरिया की निर्धारित समय सीमा में आपूर्ति किये जाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस साल अच्छी बारिश होने से रबी का रकबा बढ़ा है इसलिये प्रदेश की माँग के अनुसार यूरिया का आवंटन भी बढ़ाया जाए

केन्द्रीय मंत्री श्री गौड़ा ने प्रदेश को यूरिया की समुचित आपूर्ति किये जाने का आश्वासन दिया है इधर प्रदेश भाजपा ने यूरिया की किल्लत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि पार्टी द्वारा कल प्रदेश में खेत धरना आयोजित किया जायेगा यह धरना उन सोशायटियों पर भी दिया जायेगा जहां किसानों के साथ यूरिया के बदले में दुर्व्यव्यवहार और मारपीट की जा रही है इसके अलावा कृषि उपज मंडियो पर भी पार्टी कार्यकर्ता किसानों के साथ धरना देंगे गडकरी केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंदौर से इच्छापुर राजमार्ग को फोरलेन करने इंदौर से मुंबई के बीच दूरी कम करने के लिए भेरुघाट में नया बायपास बनाने के कार्य को मंजूरी दे दी है

इंदौर ओंकारेश्वर इच्छापुर राजमार्ग के सुधार के साथ ही चौड़ीकरण के दौरान निर्माण के बीच में आने वाले पेड़ों को काटने के बजाय इसे दूसरी जगह स्थानांतरित करने के निर्देश वन विभाग को दिए हैं बैठक में इंदौर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बायपास पर सुधार कार्य करने के बारे में भी चर्चा की गई

विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है दिव्यांगजन कानून केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनों के लिए बने कानून की सतत समीक्षा कर रहा है

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री थांवरचंद गेहलोत लगातार इसपर नजर बनाये हुए हैं दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं

टीटी नगर स्टेडियम में होने वाले समापन समारोह में केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सरूता मुख्य अतिथि होंगी आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम कार्यक्रम में विशेष अतिथि रहेगे

प्रतिभा पर्व इंदौर जिले के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये कल से तीन दिवसीय प्रतिभा पर्व का आयोजन किया जा रहा है

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बच्चों का सीखने का स्तर जानने के लिए जिलेवार एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा इस संपूर्ण अभियान का उद्देश्य शालाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है उधर उमरिया जिले में भी कल से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में प्रतिभा पर्व शुरू हुआ मौसम प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है कल राजधानी भोपाल सहित विदिशा रायसेन और सागर जिलों में जहां दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई वहीं नरसिंहपुर जिले में बारिश के साथ ओले भी गिरे आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि गाडरवारा तहसील के सोकलपुर पलोहा में गेहूं चना और अरहर की फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है रायसेन जिले के उदयपुरा देवास के कन्नौज और होशंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भी ओले गिरने की खबर है उमरिया जिले में आज तडके तेज बारिश हुई इधर भोपाल में बारिश के बाद घना कोहरा छाया हुआ है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश के बाद ठंड बढ़ने की संभावना जताई है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि इसके तहत संस्कृत के तीन मानद विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है